प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है

बार बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है दो गज की दूरी आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के इस संदेश को भी याद रखना है दवाई भी और कड़ाई भी

इस कोरिडोर का न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड हरियाणा और राजस्थान में स्थित है इसमें नव निर्मित नौ डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर स्टेशन हैं जिनमें न्यू रेवाड़ी न्यू अटेली और फूलेरा में तीन जनक्शन स्टेशन शामिल है कार्यक्रम को सम्बोधित करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कॉरिडोर बदलाव लाने वाला होगा उन्होंने कहा कि इसके शुरू होने से रेवाड़ी महेन्द्रगढ़ अजमेर और सीकर में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कम लागत के साथ पहंच बनाने मे निर्माण इकाइयों का मार्ग प्रशस्त होगा उन्होंने कहा कि इससे इन क्षेत्रों में निवेश की संभावानायें भी बढ़ेगी

उन्होंने कहा कि इस कोरिडोर से अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी प्रधानमंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि कोरोना काल में भी विकास नहीं रूका और देश न रूकेगा न थकेगा और सब मिलकर और तेज़ी से आगे बढ़ेगे

देश में आर्थिक तकनीकी और रक्षा गलियारों की व्यवस्था की जा रही है प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कोरोना वैक्सीन का जिक्र करते हए कहा कि भारत ने हाल में स्वदेश में निर्मित दो कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है जो दर्शाता है कि देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए विश्व की पहली डेढ़ किलोमीटर लंबी डबल स्टेक लोंग हाल कंटेनर ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे पर मालगाडियों की आवाजाही शुरू हो जाने से राजस्थान और हरियाणा में मौजूद विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को फायदा होगा इस अवसर पर रेलमंत्री पीयूष गोयल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल उपस्थित थे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का आधार बनेगा उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र पर सत्यापित डाटा सरकारी सेवाओं का लाभ देने में मददगार होगा

उन्होंने कहा कि सरकारी वितपोषित योजनाओं में श्रष्टाचार को खत्म करने का काम भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से होगा उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है इसलिए परिवार पहचान पत्र के लिए चल रही प्रक्रिया को ईमानदारी और श्चिता के साथ पूर्ण किया जा रहा है

हरियाणा के मूख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के हर खेत को पानी पहंचाने के उददेश्य से एक नई सुक्षम सिचांई योजना शुरू की गई है पहले चरण में इस योजना के तहत चार जिलों भिवानी दादरी महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद को शामिल किया गया है उन्होंने कहा कि नाबार्ड ने भी इस योजना पर सब्सिडी देने पर सहमति जताई है

रोहतक मे करीब दो घंटे तक चले इस पर्वाभ्यास मे डम्मी लाभार्थियों के रूप में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भाग लिया

उन्होंने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग ने आज कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को लेकर एक कदम और आगे बढ़ा दिया है जींद में सिविल सर्जन डॉ मनजीत सिंह ने बताया कि आज यह पूर्व अभ्यास इसलिए किया गया कि जब कोरोना की वैक्सीन का वितरण हो उस समय किसी प्रकार की त्रृटि न रहे

इस पूर्वाभ्यास का जायज़ा लेने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम ग्रूग्राम पहंची और दो केन्द्रो पर जाकर स्वास्थ्य अधिकारियों से पूरी व्यवस्था की जा रही है विश्व स्वास्थ्रू संगठन की टीम के सदस्य डॉ रॉड्रिक ने ग्रूग्राम मे पूर्वाभ्यास को सफल बनाते हये कहा कि हर दवा का कोई न कोई विपरीत प्रभाव भी होता है लेकिन यह प्रभाव हल्के फ्लके होते है जो अकसर दवा लेने पर देखने को मिलते है

भिवानी के उपाय्क्त जयवीर सिह आर्य ने आज पूर्वाभ्यास के बाद तैयारियों का जायज़ा लिया